शिमला स्थित राजभवन में आज शिमला व धर्मशाला स्मार्ट सिटी परियोजना से जुड़े अधिकारियों के साथ एक बैठक में उन्होंने विकास कार्यों की जानकारी ली शहरी विकास सचिव सीपाल रासू नगर निगम शिमला आयुक्त पंकज राय और धर्मशाला स्मार्ट सिटी के प्रबंध निदेशक प्रदीप कुमार ने राज्यपाल को इन परियोजनाओं से मिलने वाली सुविधाओं के बारे में जानकारी दी राज्यपाल ने शिमला शहर में जल व सीवरेज प्रबंधन को बेहतर करने के निर्देश दिए

उन्होंने स्मार्ट कक्षाओं और पर्यटन स्थलों के विकास पर भी बल दिया महेन्द्र सिंह सिंचाई व जनस्वास्थ्य मंत्री महेन्द्र सिंह ने अधिकारियों को हर घर को नल से जल परियोजना को प्रभावी ढंग से लागू करने के निर्देश दिए हैं

उन्होंने अधिकारियों को पेयजल योजनाओं के निर्माण में तेजी लाने के भी निर्देश दिए

सुरेश भारद्वाज ने नगर निगम अधिकारियों को शहर के सौंदर्यकरण के लिए ठोस कदम उठाने के निर्देश दिए उन्होंने कहा कि शिमला शहर में पार्किंग की समस्या से निपटने के लिए चरणबद्व ढंग से पार्किंग का निर्माण किया जाएगा

आकाशवाणी के प्रसारण भवन में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम के दौरान केन्द्रीय सूचना और प्रसारण सचिव अमित खरे ने इन वार्षिक पुरस्कारो की घोषणा की आकाशवाणी शिमला के कार्यक्रम प्रमुख राजकुमार शर्मा ने बताया कि केन्द्र को ये पुरस्कार गांधीयन फिलोस्फी के तहत लोक प्रसारण सेवा के लिए समझौता नाटक की बेहतरीन प्रस्तुति के लिए मिलेगा आकाशवाणी शिमला के वरिष्ठ उदघोषक डॉक्टर हुकम शर्मा द्वारा प्रस्तुत इस नाटक का लेखन राजकुमार राही ने किया है रामस्वरूप सांसद रामस्वरूप शर्मा ने कहा है कि मण्डी संसदीय क्षेत्र के हर मतदान केन्द्र पर गांधी संकल्प यात्रा चलाई जाएगी मण्डी जिले के नाचन क्षेत्र में आज भाजपा की गांधी संकल्प यात्रा में भाग लेते हुए उन्होंने कहा कि इसका उद्देश्य जल संरक्षण सामाजिक समानता स्वच्छता और प्लास्टिक मुक्त वातावरण जैसे मुद्दों पर लोगों के साथ सीधा संवाद करना है रामस्वरूप शर्मा ने इस मौके संयाज पंगल्यि्र सड़क का लोकार्पण भी किया कांग्रेस कांग्रेस पार्टी ने आज किन्नौर जिले के रिकांगपिओ में एक धरना प्रदर्शन किया प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर सहित अन्य नेताओं ने इसमें भाग लिया राठौर ने आरोप लगाया कि केन्द्र व राज्य सरकार मँहगाई और बेरोजगारी पर अंकृश लगाने में विफल रही है उन्होंने धर्मशाला में हुई ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट का स्वागत करते हुए कहा कि राज्य सरकार के दावे के मुताबिक प्रदेश में इतने बड़े स्तर पर निवेश होना सम्भव नहीं है बायोमास प्लांट कांगड़ा जिले के ढलियारा में एक बायोमास प्लांट स्थापित किया गया है इसमें लैंटाना और चीड़ की पत्तियों का पाउडर बनाकर सीमेंट व ईंट की कम्पनियों को बेचा जाएगा देहरा के विधायक होशियार सिंह ने धर्मशाला में एक पत्रकार वार्ता में बताया कि इससे एक ओर जहां युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे वहीं पर्यावरण संरक्षण भी होगा उन्होंने कहा कि लैंटाना को सौ रूपए प्रेति क्विंटल के हिसाब से खरीदा जाएगा और लैंटाना व चीड़ की पत्तियों के कारण जंगलों में आग लगने के मामले भी कम होंगे विज्ञान कांग्रे स राज्यस्तरीय बाल विज्ञान कांग्रेस आज बिलासपूर के राजकीय कन्या सीनियर सैकेन्डरी स्कूल में शुरू हुई उपायुक्त राजेश्वर गोयल ने इसका शुभारम्भ किया

उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजनों से बच्चों में विज्ञान की तरफ रूचि बढ़ती है और उन्हें विज्ञान से संबंधित नई नई जानकारियां मिलती हैं